इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला जिला में रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ननखड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे मंडी से भाजपा उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे इसी तरह हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चुनाव प्रचार करेंगे कांगड़ा से पार्टी उम्मीदवार किशन कपूर अपने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर वोट मांगेंगे जबकि शिमला से पार्टी प्रत्याशी सुरेश कश्यप शिमला शहरी क्षेत्र में डोर दू डोर प्रचार करेंगे दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटील पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर आज कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में चम्बा जिले के भरमौर व लीलह में चुनाबी जनसभाओं को संबोधित करेंगे शिमला से पार्टी उम्मीदवार धनीराम शांडिल जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरे पर रहेगे

जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने कल सोलन में एक बैठक में यह जानकारी दी

आग सिरमौर जिले में पांवटा साहिब के निहालगढ़ व अमरकोट में कल आग लगने से किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह तबाह हो गई नाहन से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार आग लगने का कारण बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने से जुड़ी खबर को आज अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुंखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हमीरपुर से अनुराग ठाकुर समेत पांच प्रत्याशियों ने भरा नामांकन आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखता है राहल गांधी की अपरिपक्वता से कांग्रेस कार्यकर्त्ता अवगत दैनिक भास्कर की सुर्खी है योजनाएं नहीं देश की रक्षा सुरक्षा बड़ा मुद्दा जबकि दिव्य हिमाचल की सुर्खी है जो विपक्ष का नेता नहीं बन सका वह पीएम कैसे बनेगा बागवानों से धोखाधड़ी पर गठित हो एसआईटी शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है हाईकोर्ट ने एसपी शिमला को दिए आदेश दैनिक सवेरा टाइम्स का शीर्षक है बागवानों के भुगतान के मामले की जांच करेगी एसआईटी

पंजाब केसरी लिखता है ट्रिब्यूनल ने बिजली बोर्ड कर्मियों पैंशनरों से रिकवरी के आदेशों पर लगाया स्टे आपका फैसला ने प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से खबर दी है अनुबंध सेवाकाल का लाभ देने पर फैसला सुरक्षित

दैनिक भास्कर ने अनुराग ठाकुर के बयान को सुर्खी दी है हमीरपुर के विकास में कांग्रेस ने रोड़ा अटकाया